कांग्रेस बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मुद्दे पर कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति भवन से मुख्यमंत्री को मुलाकात के लिए समय मिल चुका है मुख्यमंत्री श्री बघेल अपने मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे इस दौरान वे राष्ट्रपति को धान खरीदी के बारे में जानकारी देंगे

राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय भिल चुका है प्रधानमंत्री कार्यालय से अवगत कराया गया है कि चूंकि प्रधानमंत्री देश से बाहर है इसलिए इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा की जा सकती है इस पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा है कि यह मामला खाद्य विभाग से जुड़ा है इसलिए बैठक में खाद्य मंत्री भी मौजूद रहे तो फैसला लेने में आसानी होगी निर्वाचन बैठक राज्य निर्वाचन आयोग की कल राजधानी रायपुर में एक बैठक रखी गई है बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा संभव है राज्य निर्वाचन अधिकारी ठाकूर रामसिंह ने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव संभागायुक्त आईजी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे श्री ठाकुर ने बताया कि इस दौरान नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी उच्चतम न्यायालय आरटीआई उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय लोक प्राधिकारी के नाते सचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के दायरे में आता है प्रधान न्यायाधीश न्यायमर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो हजार दस के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करने के बाद आज इसकी घोषणा की जनचौपाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा खोलने के निर्देश दिए है गढ़ कलेवा खोलने के लिए मुख्य सचिव को आवश्यक कार्रवाई ैकरने को कहा गया है उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा खुलने से लोगों को छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद मिल पाएगा

मुख्यमंत्री ने आज रायपूर स्थित अपने निवास पर जनचौपाल मेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पदमश्री धरमपाल सैनी के नेतृत्व में डिमरापाल आश्रम के बच्चों ने मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की इन बच्चों ने मुख्यमंत्री से उनका निवांस घूमने की इच्छा प्रकट की जिस पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को मुख्यमंत्री निवास घूमाने के निर्देश दिए इन बच्चों ने उत्सुकता के साथ मुख्यमंत्री निवास में स्थित गौ शाला बाड़ी डिस्पेंसरी कैबिनेट कक्ष और कार्यालय को नजदीक से देखा ये बर्च्च तीन दिवसीय यात्रा पर वर्धा में स्थित आचार्य विनोबा भावे के आश्रम पौनार जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने बच्चों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं जिम कानन राज्य सरकार प्रदेश में स्थित जिम को एक कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है मीडिया से बात करते हए खेल मंत्री उमेश पटेल ने इस बात के संकेत दिए हैं गौरतलब है कि हाल ही में राजधानी के एक जिम से एक युवक को अचेत अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए जिम संचालन के लिए कार्ययोजना और नियम बनाने की तैयारी कर रही है फिलहाल जिम संचालन के लिए किसी तरह का कोई कानून नहीं है नगर निगम से ग्रमास्ता लाइसेंस के आधार पर जिम का संचालन किया जाता है इसकी आड़ में प्रोटीन पाउडर के नाम पर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन युवाओं में तेजी से बढ रहा है मुख्यमंत्री करतारपुर साहिब राज्य सरकार करतारपूर साहिब जाने के इच्छक छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं की रेल यात्रा के खर्च का वहन करेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल दर्ग में प्रकाश पर्व के मौके पर मोहन नगर रिथित ग्रूद्वारे में मत्था टेकने के बाद यह घोषणा की उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो श्रद्धाल् पवित्र करतारपुर साहिब जाकर पुण्य लाम उठाना चाहेंगे उनकी रेल यात्रा का खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी हाईकोर्ट एनआईए जांच बिलासपुर उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी की मौत की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन आईए को सौंपे जाने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है न्यायमूर्ति आरके सामंत की बेंच के सामने आज राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा पिछलेँ महीने न्यायालय ने राज्य सरकार को पंद्रह दिनों के भीतर जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया था माओवादी मुठमेड़ सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया मृत माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक शलम सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भेज्जी थाना से सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इसी दौरान गच्चनपल्ली के जंगल में घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया मौके से एक भरमार बंद्रक सहित भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है

यह कैम्प स्थापित होने के बाद कुछ ग्रामीणों ने बीते दिनों इसके विरोध मेँ प्रदर्शन किया पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने यह विरोध प्रदर्शन माओवादियों के दबाव में किया था पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीणों को समझाने के बाद आज बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के लोग पुलिस कैम्प पहंचे और इस कैम्प के स्थापित होने पर प्रसन्नता जाहिर की पुलिस का कहना है कि वह ग्रामीणों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है टीबी नियंत्रण बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एचओ की संयुक्त टीम ने कल टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए राज्य में संचालित योजनाओं का जायजा लेने बैठक ली इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में टीबी से लड़ने के लिए संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी गौरतलब है कि केंद्रीय टीम कल चौदह नवंबर तक रायपुर और बिलासपुर का दौरा कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लेंगे विमान लैं डिंग रायपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण रायपुर विमानतल पर सकूशल उतारा गया बाद में यात्रियों को दूसरे विमान से रवाना किया गया हफ्तेभर में यह दूसरी घटना है जब विमान को तकनीकी खराबी के कारण आपात स्थिति में रायपुर विमानतल उतारना पडा है इससे पहले भुवनेश्वर से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर छह सौ सत्तर को आपात स्थिति में रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उतारा गया था मुक्तिबोध नाटय समारोह छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि और लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती के अवसर पर आज से राजधानी रायपुर में पांच दिवसीय मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह शुरू हो गया है अब से कुछ देर बाद बहचर्चित नाटक द्रौपदी का मंचन किया जाएगा छत्तीसगढ़ी फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसायटी द्वारा आयोजित इस समारोह में मुंबई जबलपुर सीधी और छिंदवाडा के नाटय दल शामिल हो रहे हैं संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग एसटी एससी और अल्पसंख्यक महासंघ द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ महाबंद का आज आंशिक असर रहा बिलासपुर के चुचहियापारा फाटक के पास रेलवे टैक पर एक क्रेन के गिर जाने से आवागमन बाधित हो गया है इसकी वजह से मंबई हावडा रूट की कई ट्रेनों को रोक दिया गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चांपा नैला स्टेशन के बीच आवश्यक रखरखाव के कारण जांजगीर फाटक पर यातायात आज रात्रि आठ बजे से कल सुबह छह बजे तक बंद रहेगा बेमेतरा जिले के बीजाबोड़ में कोदो की फ ंसल खाने से एक गाय की मौत हो गई वहीं सौ से ज्यादा गायों की हालत गंभीर बताई जा रही है कुछ दिन पहले भी जिले के गहिरा खमरिया में ग्यारह गायों की मौत हुई थी बालोद जिले में गन्ना उत्पादक किसान संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी सोलह नवंबर को बालोद में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है रायपुर जिले में आरंग क्षेत्र के ग्राम चिखली के पास नर्सरी में घूम रहे हाथियों के दल ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला उधर कोरिया जिले में खड़गवां के मंगोरा और जरोधा के बीच हाथियों का दल विचरण कर रहा है जिससे ग्रामीणों में दहशत हैं कबीरधाम जिले में खर्रा मेला से लौटते समय श्रद्धालुओं से भरा एक वाहन ग्राम घानीखूंटा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया इस हादसे में दस लोग घायल हो गए हैं गरियाबंद के तीन शिक्षकों ने दुबई में आयोजित बारह देशों की मास्टर्स गेम्स प्रतियोगिता में चार मैडल हासिल किए हैं इनमें एक स्वर्ण और तीन रजत पदक शामिल हैं